प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समचित व्यवहार के बारे में टवीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारम्भ किया आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनक लोगों की जान बचाई जा सकी है श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा

उन्होंने लोगों से मास्क पहनने हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की

उन्होंने कहा कि हम मिलकर लडेंगे हम जीतेंगे केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जायेगा बाइट जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो सुरक्षा कवच के त्री सूत्र ही हैं मास्क सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना ये तीन सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्री सूत्री बचाव है को बारे में जनंआंदोलन शुरू होगा लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर पोस्टर स्टीकर्स लगेंगे जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं ऐसे सभी जगह ये एक जनचेतना की मुहिम चलेगी सोशल मीडिया में भी कैंपिन चलेगी पूरे देश की सभी संस्था समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जन भागीदारी के साथ कोरोना की लड़ाई के खिलाफ मजबूती मिलेगी इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री की अगुआई में विभिन्न मंत्रियों और और अधिकारियों को जन जागरूकता संकल्प दिलाया गया

उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण से बचने के लिए व्यवहार में परिवर्तन के अलावा हैंड वॉश सोशल डिस्टेंसिंग और मॉस्क के उपयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता सुनिश्चित करनी होगी

ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहे इसलिए जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना दो गज दूरी मास्क है जरूरी

हम सबके घर परिवार समाज देश की रौनकें आने वाली हैं इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आईये कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों तीन बातों का हमेशा ध्यान रखें एक तो मॉस्क जरूर पहने हाथ साफ करते रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दो गज की दूरी बनाए रखें

बाइट माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना महामारी को रोकने के लिए और इससे लोगों के बचाव के लिए जन आन्दोलन की शुरूआत की है देश की जनता से प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि आप मॉस्क लगाईये हाथ की सफाई रखिये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिये तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से जुड़ करके आम आदमी कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम समय समय पर सफाई करते रहें और मॉस्क लगा करके चलते रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें मैं अपने बस्ती की सामान्य जनता से भी निवेदन करूंगा कि इस अभियान में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी के इस जन आन्दोलन अभियान को सफल बनायें

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो आरओबी आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित अन्य इकाईयां इसमें सहभाग कर रही हैं आयोजन के समन्वय की जिम्मेदारी पत्र सूचना कार्यालय को दी गई है अभियान के दौरान लोगों को मास्क लगाने सामाजिक दूरी का पालन करने साबुन या सैनिटाइजर से हाथों का साफ करने संबंधी जानकारी दी जा रही है अभियान के दौरान बचाव ही वैक्सीन है पर जोर दिया देने का कार्यकम है अभियान के दौरान विभिन्न राजनेताओं गायकों चिकित्सकों सामाजिक प्रेरकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अपील जारी कराई जा रही हैं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके इस अवसर पर विभिन्न मीडिया इकाईयों और विभागों में कोविड जागरूकता पर शपथ का आयोजन किया गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम स गाजियाबाद के मोदी नगर में आईनोक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों के लोगों को लिक्विड ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्लांट सरकार के राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने की नीतियों का भी परिचायक है इस प्लांट के लिए समझौते पर दो हजार अड्डारह में इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सभी सीटों पर तीन नवम्बर को मतदान कराया जायेगा जिन सीटों पर चुनाव होना है वे है अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात बुलन्दशहर जनपद की बुलन्दशहर फिरोजाबाद की ट्रंडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मलहन सीट इनमें से टूंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार सोलह अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी सत्रह अक्टूबर को पर्चो की जांच होगी और उन्नीस अक्टूबर तक पर्चे वापस लिये जा सकेंगे कार्यक्रम के अनुसार तीन नवम्बर को सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जायेगा और दस नवम्बर को मतगणना होगी आयोग के अनुसार बारह नवम्बर से पहले निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संबंधित जनपदों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है